प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं यह बातें प्रधानमंत्री ने आज उत्तरप्रदेश को मिर्जापुर में बाण सागर नहर परियोजना का उद्घाटन करते हुए कही श्री मोदी ने कहा कि एमएसपी घोषणाएं होती थी खरीदारी नहीं होती थी समर्थन मूल्घ्य के अखबार में इश्तेहार दिए जाते थे फोटो छपवाए जाते थे वाहा वाही लूटी जाती थी लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं था क्योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव गरीब किसान की परवाह नहीं थी मैं आज सर झुकाकर कह रहा हूं मेरे भाईयों और बहनों हमने एमएसपी डेढ़ गुणा करने का वादा किया था आज उसको हमने धरती पर उतार दिया है नायडू भाषा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राज्य सरकारों से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाए जाने का अनुरोध किया है श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि भाषाओं में संस्कृति नैतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान समाहित होता है भाषा के महत्व पर जोर देते हुए श्री नायड् ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है लेकिन उसे मातृभाषा की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए केंद्र विद्यार्थी फीस केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने शिक्षा संस्थानों को यह सूचित करने को कहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी जाए जब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि नहीं पहुंच जाती केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद जारी किया है कि शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ है सरकार इसे और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है मुख्यमंत्री कल बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर में राज्य अधिवक्ता परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के साथ इस भवन का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ई लाईब्रेरी की भी सुविधा दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अधिवक्ता अकादमी की भी स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा के रूप में तीन लाख रूपये की सहायता देने का प्रावधान भी जल्द किया जाएगा इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि बेंच और बार न्याय पालिका रूपी रथ के दो पहिये हैं न्यायिक सेवाओं का लाभ जनता को दिलाने के लिए दोनों पहियों का साथ चलना जरूरी है श्री गुप्ता ने कहा कि भारतीय संविधान का पालन सुनिश्चित करना सरकार और न्यायालय दोनों का उद्देश्य होता है समारोह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने भी संबोधित किया विश्व युवा कौशल दिवस आज विश्व युवा कौशल दिवस है संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए युवा कौशल दिवस का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें समाज तथा देश में योगदान करने का मौका देना है भारत में इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौशल भारत अभियान के रूप में चिन्हित किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष दो हजार बाईस तक देश में चालीस करोड़ से अधिक युवाओं को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करना है इस मौके पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया पुरस्कार पाने वालों में बिलासपुर जिले की बोदरी निवासी दिव्यांग युवती रामकुमारी कौशिक भी शामिल थीं

वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर लाया गया है पुलिस अधीक्षक केएल ध्र्व ने बताया कि बीएसएफ के तीस जवानों की टीम प्रतापपुर थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली हुई थी इसी दौरान महला गांव के पास जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी

राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इन जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है डॉक्टर सिंह ने माओवादी हमले की निंदा करते हुए शहीद जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है वहीं इसी जिले में पखांजूर के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में माओवादियों ने आज एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी

आकाशीय बिजली मौत रायपुर जिले में तिल्दा नेवरा के पास बोइरझिटी गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई वहीं दस अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए हैं इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जाती है मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग खेत में रोपा लगाने गए थे इसी बीच तेज बारिश होने लगी बारिश से बचने के लिए सभी लोग एक झोपड़ी में चले गए उसी समय अचानक बिजली कड़की और सीधे झोपड़ी पर जा गिरी जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल ले गई वहीं गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है द्घटना कांकेर जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पंद्रह अन्य लोग घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक जगदलपुर से रायपुर जा रही एक बस चारामा के पास अनियंत्रित हो गई इस वजह से यह बस सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई इस घटना में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बस में सवार पंद्रह यात्री घायल हो गए हैं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लोहरसी में वाहन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई विद्या मितान हड़ताल प्रदेशभर के विद्या मितान ने पिछले पंद्रह दिनों से जारी अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है विद्या मितान संघ के प्रवक्ता श्रवण वर्मा ने बताया कि सरकार को मांगों पर विचार के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया है यदि समय से पहले मांगें पूरी नहीं हुई तो नए सिरे से आंदोलन शुरू किया जाएगा कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव तैयारियों के मद्देनजर अब विधानसभावार बैठकों का सिलसिला शुरू करेगी इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अनुसचित जाति और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से बैठकें ली जाएंगी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पहली बैठक कल कोरिया जिले के बैकुंठपुर में की जाएगी इस बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेंस के सभी स्थानीय और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा सांसद पूर्व सांसद सांसद प्रत्याशी विधायक पर्व विधायक विधायक प्रत्याशी और मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे मौसम दक्षिण पश्चिम मानूसन के सक्रिय होने के साथ ही इन दिनों प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो रही है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है इस वजह से पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा हो रही है बीते चौबीस घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सोलह सेंटीमीटर वर्षा सिमगा में दर्ज की गई वहीं पामगढ़ में पंद्रह आरंग में दस और दुर्ग में करीब आठ सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई राजधानी रायपुर में भी कल से आज शाम तक करीब दो सेंटीमीटर वर्षा हो चुकी है वहीं राजनादगांव पेंड्रा रोड खैरागढ़ कवर्धा जांजगीर चांपा और महासमुंद सहित अन्य स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार मिले हैं बस्तर संभाग में विभिन्न स्थानों पर पिछले एक हफ्ते से रूक रूक कर वर्षा हो रही है इस वजह से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है इसके असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेशभर में मध्यम से तेज बौछारे पड़ सकती हैं वहीं बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है